दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक इनामी माओवादी को मार गिराया

सत्र के पहले दिन सदन में विधानसभा सदस्य स्वर्गीय भीमा मंडावी पूर्व सदस्य स्वर्गीय बलराम सिंह ठाकुर और मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य स्वर्गीय संतोष कुमार अग्रवाल को श्रद्वांजलि अर्पित की गई इसी तरह सदन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मां बिंदेश्वरी बघेल और माओवादी हिंसा में शहीद जवानों को भी श्रद्वांजलि दी दिवंगतों के सम्मान में सदन में दो मिनट का मौन रखा गया इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही पंद्रह जुलाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने तीनों दिवंगतों का जीवन परिचय दिया

उनके महंत ने कहा कि स्वर्गीय श्री भीमा मंडावी मृदुभाषी सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी थे वे अपने क्षेत्र को विकास के लिए लगातार प्रयासरत् रहे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्वर्गीय बलराम सिंह ठाकूर की कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में गहरी रूचि थी

जनपद अध्यक्ष और विधायक के पद को उन्होंने अपने कार्यो और उपलब्धियों से सुशोभित किया उन्होंने कहा कि स्वर्गीय भीमा मंडावी केवल आदिवासी समाज में नहीं बल्कि सभी समाजों और वर्गों के बीच काफी लोकप्रिय थे मिलनसार व्यक्तित्व के धनी श्री मंडावी अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत् रहते थे नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी तथा अन्य सदस्यों ने भी स्वर्गीय संतोष कुमार अग्रवाल स्वर्गीय भीमा मंडावी और स्वर्गीय बलराम सिंह ठाकुर के साथ साथ मुख्यमंत्री की माताजी स्वर्गीय बिंदेश्वरी बघेल को श्रद्धांजलि दी

इसके लिए कल मंत्रिमंडल ने संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी इसके तहत एपीएल परिवार को भी प्रतिमाह दस रूपये प्रति किलो की दर से पैंतीस किलो चावल दिया जाएगा अभी सिर्फ बीपीएल को ही चावल दिया जाता था मंत्रिमंडल ने मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट का भी अनुमोदन किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कल देर रात तक चली मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पर्यावरण और आवास मंत्री मोहम्मद अकबर ने मीडिया को बताया कि यह विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र में ही लाया मंत्रिमंडल के अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए श्री अकबर ने बताया कि चावल उठाव जाएगा और परिवहन में होने वाले खर्च की पूरी प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार से मांगने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है इसके तहत अभी राज्य का व्यय तेरह रूपये पचास पैसे प्रति क्विंटल होता है जबकि केन्द्र राज्य को छह रूपये उनचास पैसे की दर से प्रतिपूर्ति देता है आवास मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बेरोजगार स्थानीय युवक और युवतियों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए पौनी पसारी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है इसके तहत राज्य के सभी एक सौ अड़सठ नगरीय निकायों में परम्परागत् व्यवसाय लोहार कुम्हार कोष्टा और बंसोड़ के लिए चबूतरा और शेड निर्माण कर उन्हें अस्थायी रूप से किराए पर उपलब्ध कराते हुए व्यवसाय करने की सुविधा दी जाएगी योजना के तहत महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत शेड सुरक्षित रहेगा उन्होंने बताया कि इस योजना पर दो साल में तिहत्तर करोड़ रूपये खर्च होंगे और इससे करीब बारह हजार लोगों को रोजगार मिलेगा

उन्होंने बताया कि राज्य में चौदह हजार दो सौ दो मोबाइल टॉवर लगाए जाने थे जिनमें से सिर्फ एक हजार छह सौ अड़तीस टॉवर ही लगे हैं श्री अकबर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने विधायक निधि के खर्च को लेकर भी बड़ा संशोधन किया है इसके तहत दो करोड़ रूपये की विधायक निधि में से डेढ़ करोड़ रूपये की राशि विधायक स्वयं की अनुशंसा पर और पचास लाख रूपये की राशि जिले के प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर खर्च किया जाएगा

मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को दंतेवाड़ा और सुकमा की सीमा पर माओवादियों के होने की सूचना मिली थी इसके आधार पर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम को तलाशी अभियान पर भेजा गया इसी दौरान डब्बा कुन्ना के जंगल में पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक इनामी माओवादी मारा गया वहीं मुठभेड़ में पांच से छह अन्य माओवादियों के घायल होने की भी सूचना है मारा गया माओवादी हुर्रा बलांगीर एरिया कमेटी का सदस्य था जिस पर पुलिस ने पांच लाख रूपये का इनाम घोषित कर रखा था आरोप है कि यह माओवादी लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा विधायक भीमा मंडावी पर हुए हमले में शामिल था इस हमले में श्री मंडावी की मौत हो गई थी आईएएस तबादले राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सात अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक स्वास्थ्य संचालक शिखा राजपूत तिवारी को बेमेतरा का कलेक्टर बनाया गया है वहीं बेमेतरा कलेक्टर महादेव कावरे को कोष लेखा और पेंशन के संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है उद्यानिकी और कृषि विभाग के विशेष सचिव मुकेश कुमार को आदिम जाति कल्याण विभाग के संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है जबकि आदिम जाति कल्याण विभाग के संचालक नीरज कुमार बंसोड़ को स्वास्थ्य विभाग का संचालक नियुक्त किया गया है इसी तरह वित्त विभाग के उप सचिव विनीत नंदनवार को रायपुर में अपर कलेक्टर और जिला पंचायत सुकमा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी को जिला पंचायत रायगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है इसके अलावा रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभात मलिक को संस्थागत वित्त के संचालक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है तबादला इस बीच प्रदेश सरकार ने आज राज्य प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों का भी तबादला किया है जारी आदेश के अनुसार रायगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंदन संजय त्रिपाठी को उच्च शिक्षा संचालनालय में अपर संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है वहीं रायपुर के अपर कलेक्टर आशुतोष पांडेय को जिला पंचायत बलौदाबाजार भाटापारा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और दंतेवाड़ा के संयुक्त कलेक्टर नूतन कुमार कंवर को जिला पंचायत सुकमा का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है इसके अलावा बलौदाबाजार जिला पंचायत के सीईओ दीपक कुमार अग्रवाल के तबादला आदेश में परिवर्तन करते हुए उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग में उप सचिव के रूप में पदस्थ किया गया है लोक आयोग अनुशंसा लोक आयोग ने अखिल भारतीय सेवा के छह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है इनमें प्रमुख सचिव रेणु पिल्ले के साथ साथ निलंबित डीजी मुकेश गुप्ता भी शामिल है यह जानकारी आज राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस विधायक अरूण वोरा के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी कांग्रेस विधायक ने जानना चाहा कि एक अप्रैल दो हजार सोलह से एक अप्रैल दो हजार उन्नीस तक लोक आयोग ने किन किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अथवा जांच की अनुशंसा की है इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एनएस मंडावी रेणु पिल्ले हीरालाल नायक सेवानिवृत्त आईएएस जे मिंज आईएफएस एसएस बजाज और निलंबित डीजी मुकेश गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है उन्होंने बताया कि मुकेश गुप्ता के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई स्थगित है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में राज्य के विधायकों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर स्कूलों में संचालित मध्यान्ह भोजन में अण्डा उपलब्ध कराने की योजना की सराहना की है विधायकों ने अपने पत्र में बच्चों को सप्ताह में तीन दिन मध्यान्ह भोजन में अण्डा उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया है पुलिस विभाग में रायपुर रेंज के तहत आज बावन पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की तबादला सूची जारी की गई हैं इसमें उनचास आरक्षक और तीन एएसआई शामिल हैं सूची में बलौदाबाजार धमतरी महासमुंद गरियाबंद सहित रायपुर के अधिकारी कर्मचारी शामिल है कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश का उल्लंघन करने पर रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने दो राईस मिलर्स को नोटिस जारी किया है